प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत् स्वच्छता दीदियों को अब छह हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मिलेगा मानदेय मुख्यमंत्री ने की घोषणा

माओवादी म्ठभेड़ छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए हैं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ओडिशा सीमा पर माओवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था इसी दौरान नगरनार थाना क्षेत्र के तिरिया के पास जंगल में सुरक्षा बलों और माओवदियों के बीच मुठभेड़ हुई इस मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए जिनका शव बरामद कर लिया गया है घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है आईजी ने बताया कि सुरक्षा बलों के लौटने के बाद ही मारे गए माओवादियों की पहचान हो सकेगी पुलिस अभिरक्षा डीजीपी पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु की घटना की रोकथाम के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को ग्यारह बिंदओं पर निर्देश जारी किए हैं श्री अवस्थी ने पुलिस अभिरक्षा में आरोपियों को रखने और उनकी सुरक्षा के संबंध में समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है डीजीपी ने कहा है कि किसी भी थाना चौकी में पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना या मृत्यु की कोई घटना न हो इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा साथ ही इसकी सतत् निगरानी के लिए संबंधित राजपत्रित अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे उन्होंने कहा कि थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए राजपत्रित अधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से थाने का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे महिला और बच्चों की गिरफ्तारी के संबंध में मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा श्री अवस्थी ने कहा है कि किसी भी आरोपी को अनावश्यक रूप से रात्रि में पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा दिन में ही संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा श्यामगिरी घटना जांच दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी की घटना की जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक आयोग को जांच अधिकारी ने दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है विशेष न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में रायपूर में आयोजित बैठक में बताया गया कि इन दस्तावेजों और रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही आगे जांच की दिशा तय की जाएगी आयोग ने जांच अधिकारी को इस पर आगे जांच जारी रखने और महत्वपूर्ण जानकारियों से आयोग को अवगत कराने कहा है उल्लेखनीय है कि बीते नौ अप्रैल को दंतेवाड़ा के श्यामगिरी मार्ग पर माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी सहित चार सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो गई थी इस घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है आयोग के सचिव ने बताया कि श्यामगिरी घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से जानकारी दे सकता है आयोग का कार्यालय जगदलपुर स्थित बस्तर संभागायुक्त कार्यालय परिसर में संचालित है स्वच्छता दीदी मानदेय प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों को अब छह हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की स्वच्छता दीदियों को अब तक पांच हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जा रहा था उल्लेखनीय है कि प्रदेश के एक सौ छियासठ नगरीय निकायों में दस हजार स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन घर घर से गीले सूखे कचरे को एकत्रित किया जाता है इन्हीं दीदियों के प्रयासों के कारण इसी साल राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया था मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को फिर से वित्तीय अधिकार देने की भी घोषणा की इस अवसर पर श्री बघेल ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी जोर दिया कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित किया सहकारिता सम्मेलन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज की कड़ी स्पर्धा के युग में यह जरूरी हो गया है कि सहकारी क्षेत्र अब अपनी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दे और कार्पोरेट को चुनौती दे श्री बघेल आज मध्य क्षेत्र के राज्यों में सहकारी आंदोलन के समक्ष अवसर और चुनौतियां विषय पर रायपुर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सहकारिता के कार्यों में व्यवसायिक दृष्टिकोण और गुणवत्ता पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह प्रसारण आकाशवाणी द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन तथा न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी सुना जा सकता है जीएसटी इलेक्ट्रिक वाहन वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है आज नई दिल्ली में परिषद की छत्तीसवीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों पर जीएसटी दर को अट्ठारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला भी हुआ नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके लिए चिन्हित स्थानों पर नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से सड़क द्वर्घटनाओं में भी कमी आएगी और जान माल के नुकसान से बचा जा सकेगा श्री अकबर ने रायगढ़ कोरबा बिलासपुर अंबिकापुर और सूरजपुर जिले में ओवरलोडिंग वाहनों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी भी जताई उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों विशेषकर बसों के परमिट जारी करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि समय चक्र के टकराव की स्थिति निर्मित न हो स्व रोजगार के लिए परिवहन व्यवसाय के संरक्षण के साथ ही नए रूटों पर भी यात्री वाहन का परिचालन किया जाएगा

इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न भागों में तैनात सीआरपीएफ की प्रतिबद्धता और समर्पण अद्भुत है और देश को उनके शौर्य और साहस पर गर्व है ट्रेन रद्द पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर यार्ड के आधुनिकीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य उनतीस जुलाई से सत्ताईस अगस्त तक किया जाएगा इस दौरान इस खंड पर पश्चिम मध्य रेलवे की कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली प्रभावित ट्रेनों की तिथि में संशोधन किया गया है जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

कल से आरंभ यह प्रतियोगिता अगले महीने की चार तारीख तक चलेगी माई जी ओवी डॉट आईएन प्लेटफॉर्म पर हिन्दी और अंग्रेजी में आयोजित क्विज की अवधि पांच मिनट की होगी जिसमें अधिकतम बीस प्रश्नों के जवाब दिए जा सकेंगे अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दस नकद पुरस्कार रखे गये हैं पहला पुरस्कार पच्चीस हजार रुपये दूसरा पद्रंह हजार और तीसरा दस हजार रुपये का होगा मौसम प्रदेश में इन दिनों मानसून की गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं द्रोणिका और निम्न दाब का क्षेत्र बने होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बस्तर सहित अन्य इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है साथ ही बस्तर संभाग के सभी जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने बस्तर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में पांच विधायकों को सदस्य मनोनीत किया है इनमें विधायक रेखचंद जैन मनोज सिंह मंडावी संतराम नेताम चंदन कश्यप और विक्रम मंडावी शामिल हैं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश के बाद आयुक्त ने अनियमितता के मामले में गरियाबंद के आबकारी उप निरीक्षक दीनदयाल पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है